आप भी हमारे साथ स्रक्षा और बचाव के तीन आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें

झला पल लोकार्पण म्ख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने टिहरी जिले के म्निकीरेती क्षेत्र के कैलाशगेट के पास गंगा नदी पर जानकी सेत् पैदल झूला प्ल का लोकार्पण किया

इस अवसर पर म्ख्यमंत्री ने कहा कि जानकी सेत् केवल दोनों किनारों को जोड़ने वाला नहीं बल्कि भावनाओं को भी जोड़ने वाला है उन्होंने कहा कि जानकी सेतु पर्यटकों और श्रद्धाल्ओं के लिए सुविधा के साथ आकर्षण का केन्द्र भी होगा

उन्होंने कहा कि प्रदेश के विकास के साथ ही भ्रष्टाचार को भी मिटाने का प्रयास किया जा रहा है इस अवसर पर उन्होंने लोगों से स्वरोजगार अपनाने को कहा जिससे राज्य में बेरोजगारी की समस्या को दूर किया जा सके उन्होंने प्रदेश के विकास के लिए महिलाओं के योगदान को महत्वपूर्ण बताया उन्होंने महिलाओं के लिए राज्य सरकार दवारा चलायी जा रही स्वरोजगारपरक योजनाओं की जानकारी देते हुए कई अन्य निर्माण कार्यों की घोषणा भी की मुख्य सचिव बैठक मुख्यमंत्री सीमा क्षेत्र विकास योजना के तहत सम्पर्क मार्ग पूल निर्माण लघ् उदयमों ग्रोथ सेंटर्स के लिए मशीनों की स्थापना कृषि यंत्र वितरण स्मार्ट क्लासेज कोल्ड स्टोरेज और पॉलीहाउस निर्माण जैसे विभिन्न प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई है कल मुख्य सचिव ओमप्रकाश की अध्यक्षता में हई बैठक में यह स्वीकृति दी गई

मुख्य सचिव ने सीमान्त क्षेत्रों से पलायन रोकने और रिवर्स पलायन को बढ़ावा देने के लिए ऐसी योजनाओं को शामिल करने के निर्देश दिये जिनसे इन क्षेत्रों में रह रहे लोगों को रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध हो उन्होंने कौशल विकास प्रशिक्षण ग्रोथ सेंटर्स फार्म मशीनरी बैंक स्वयं सहायता समूहों आदि के विकास पर भी फोकस करने पर जोर दिया कार्यशाला चमोली चमोली जिले में सतत विकास के लक्ष्यों को स्थानीय स्तर पर लागू करने को लेकर क्लेक्ट्रेट सभागार में दो दिवसीय कार्यशाला श्रू हई

जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने कहा कि विजन डॉक्य्मेंट तैयार करने में सभी विभागों की अहम भूमिका है उन्होंने विभागीय अधिकारियों को दो दिवसीय कार्यशाला में अपने अन्भवों और विचारों को साझा करने पर जोर दिया

इनको विभिन्न सरकारी योजनाओं और जन भागीदारी के माध्यम से प्राप्त करने का प्रयास किया जाएगा नमसा योजना रुद्रप्रयाग जिले के किसानों को नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर योजना यानि नमसा का लाभ मिलेगा इस योजना से जुड़कर किसान पशुपालन मछली डेयरी सहित खेती के क्षेत्र में अपनी आमदनी बढ़ा सकेंगे इसके तहत आय के एक स्रोत से दूसरे स्रोत से जुड़ने के लिए जिले में कृषि विभाग को पांच ईकाई का लक्ष्य मिला है जिले में पांच पंचायतों का चयन कर किसानों को इस योजना से जोड़ा जाएगा खासकर पश्पालन आधारित कृषि पद्धति या समन्वित खेती प्रणाली की ऐसी सभी गतिविधियां जो आय बढ़ाने में सहायक हों और प्राकृतिक स्रोतों पर आधारित हों नैनीताल दुर्घटना नैनीताल में एक कार के खाई में गिरने से तीन युवकों की मृत्यू हो गई हादसे की जानकारी तीसरे दिन मिली जिसके बाद शवों को खाई से निकाला गया प्लिस सूत्रों के अनुसार गेठिया और भवाली के बीच एक कार के दुर्घटनाग्रस्त होने की सूचना मिली थी

स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी ने मीडिया से अनौपचारिक बातचीत में कहा कि राज्य सरकार ने इस महामारी की रोकथाम के लिए व्यापक पहल की है लोगों को मास्क पहनने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने और बार बार हाथ धोने के साथ ही सैनेटाइजर का प्रयोग जैसे सुरक्षा के उपायों पर विशेष ध्यान देने को कहा जा रहा है

अगर किसी में कोरोना के हल्के लक्षण मिल रहे हैं तो उनके उपचार के साथ ही सैम्पलिंग की व्यवस्था की जा रही है

इन लाभार्थियों को कनवर्जन्स योजना के तहत मनरेगा गैस कनेक्शन विद्युत कनेक्शन और पेयजल स्विधा का भी लाभ दिया गया

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोविड महामारी से उत्पन्न चुनौतियों के बावजूद इन केन्द्रों के सफल संचालन के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को बधाई दी है उन्होंने इस कठिन समय में व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान करने के लिए समर्पित स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं चिकित्सा अधिकारियों सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों और आशा कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दिया

छठ म्ख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने छठ प्जा पर प्रदेशवासियों को बधाई और श्भकामनाएं दी हैं अपने संदेश में उन्होंने कहा कि स्य की उपासना का यह पर्व हमें प्रकृति से ज्ड़ने का संदेश देता है

हरिद्वार में जिला प्रशासन ने छठ प्जा मनाने के लिए गाइडलाइन जारी की है इसके तहत हरकी पैड़ी समेत अन्य सार्वजनिक गंगा घाटों पर छठ पूजा और सूर्य की आराधना पर रोक लगाई गई है जिला प्रशासन की ओर से जारी किए गए दिशा निर्देशों में कहा गया है कि सभी श्रद्वाल् अपने घरों में रहकर कोरोना से बचाव करते हुए छठ पर्व मनाएंगे